्र चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से रक्षा बंधन और ईद उल अजहा पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आहवान किया ्र शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीट पर प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली

राज्य में जारी राजनीतिक संकट के बीच बहजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय से संबंधित याचिकाओं की उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने भाजपा विधायक मदन दिलावर तथा बहजन समाज पार्टी की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विधानसभा सचिव तथा सभी छह विधायकों को नोटिस जारी किये हैं

गौरतलब है कि श्री दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के संबंध में स्पीकर सीपी जोशी के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था स्पीकर के फैसले के खिलाफ श्री दिलावर उच्च न्यायालय पहुंचे हैं कल बसपा ने भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी जिसे स्वीकर करते हुए श्री दिलावर की याचिका के साथ अटैच कर दिया गया है इस बीच राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने आज विधानसभा के पांचयें सत्र के लिए नोटिफकेशन जारी कर दिया उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आगे की रणनीति तय करने के लिए विधायक दल की बैठक ब्लाई जिसमें उन्हें समर्थन दे रहे अन्य पार्टियों के विधायक तथा निदर्लीय विधायक भी शामिल हुए बैठक के कुछ देर बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिवास ने कहा कि यदि सदन में सरकार के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत सिद्द करके दिखायेगी

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यदि कांग्रेस के किसी विधायक की नाराजगी है तो उसे पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए श्री गहलोत ने कहा कि बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं इसलिए बसपा प्रमुख मायावती की शिकायत वाजिब नहीं है दूसरी ओर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चेंद कटारिया ने मीडिया र्स बताचीत में कहा कि यदि सरकार नियमों को अनुसार पहले ही प्रस्ताव भेज देती तो राज्यपाल से तुरंत अनुमति मिल जाती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

उधर झालावाड में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्वयं हाट बाजार पहुंचकर सब्जी फल विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने के बारे में जागरुक किया

ये जागरुकता रथ शहर और आस पास के क्षेत्रों में कोरोना के बारे में लोगों को सचेत करेंगा

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने प्रदेशवासियों से आगामी रक्षाबंधन ओर ईद उल अजहा जैसे बड़े धार्मिक त्योहारों के दौरान कोर्रोना प्रोटोकॉल की पालना करने का आहवान किया है उन्होंने कहा कि पर्वों के दौरान के यदि हम सजग और सतर्क रहेंगे तो कोरोना के प्रसार को कम किया जा सकता है डॉ शर्मा ने कहा कि ईद उल अजहा के दिन के सभी मुस्लिम भाई घर पर ही नमाज अदा करें चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पर्वों के दौरान आमजन घर से बाहर निकलने से पहले मास्क से अपने नाक और मुंह को ठीक से ढक लें बार बार साबून या सेनेटाइजर से हाथ साफ करते रहें

उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही पर्व की रंगत बिगाड़ सकती है

प्रदेश में दाऊदी बोहरा समुदाय आज ईद उल अजहा मना रहा है झालावाड़ के झालरापाटन चौमेला और खानपुर में लोगों ने कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेन्सिंग से ही ये पर्व मनाया और घरों में ही ईद की नमाज अदा की घरों और मस्जिदों को भी सादगी से सजाया गया है उदयपुर में सभी मस्जिद कमेटियों द्वारा लिखित में आदेश जारी किया गया कि मस्जिद में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों लोगों से घरों में रहकर ही इबादत करने की अपील की गई बांसवाड़ा बूंदी कोटा सहित प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों से भी दाऊदी बोहरा समाज के लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ईद मनाये जाने के समाचार मिले हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के लोगों के लिए आशा की किरण बन गई है

इस क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में चुनौतियों से जूझना पड़ता है विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आयुष्मान भारत शुरू होने के बाद इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है

डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव राजेन्द्र रतनू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये बाड़मेर जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने उन्हें इस अभियान के सम्बन्ध में जिले में हई प्रगति की जानकारी दी

इस योजना के तहत बाड़मेर बेहतर प्रगति कर रहा है अभी तालाब निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वर्षा के मौसम में बरसात के पानी को संरक्षित किया जा सके

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल मंजूर की गई शिक्षा नीति का राज्य में भी व्यापक स्वागत हुआ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि इस फैसले से भारत ज्ञान की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा

राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कलपति और शिक्षाविद जेपी सिंघल ने बताया कि नई शिक्षा नीति शिक्षा की दृष्टि से गेम चेंजर साबित हो सकती है उन्होंने कहा कि जो प्रावधान किये गये हैं यदि उन्हें पूर्णतः लागू किया गया तो बड़ा बदलाव आ सकता है

जयपुर झन्झन सिरोही श्रीगंगानगर में छुटपुट बारिश हुई इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है